गौरतलब है कि न्यायमूर्ति खलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल को सर्वमान्य हल खोजने का काम सौंपा गया है समिति में धार्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और मध्यस्थता विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू शामिल हैं कर्नाटक कर्नाटक और गोवा में कांग्रेस के सामने आए संकट को देखते हुए प्रदेश में भी पार्टी ने अपने किले को दुरूस्त करना शुरू कर दिया है पार्टी के तमाम आला नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पार्टी के शीर्ष नेताओं में इस तरह की सक्रियता देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के सभी गुटों के नेताओं के लिये भोज का आयोजन किया है वहीं सिंधिया खेमे के नेताओं के बीच भी मेलमिलाप का दौर जारी है हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट कहा कि प्रदेश की सरकार स्थिर है

उन्होंने मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों को सलाह दी कि सभी मंत्री अधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच समन्वय बनाकर टीम भावना से काम करे

हम प्रदेश को इससे बाहर निकाल रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में उन्हेांने कहा कि पार्टी की कार्यसमिति जल्द ही इस बारे में फैसला करेगी प्रसार भारती प्रसार भारती और आई आई टी कानपुर ने आज नई दिल्ली में नई उभरती टैक्नोलोजी और प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं इस कदम से प्रसारण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की संभावना है इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और आई आई टी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर उपस्थित थे अनुसंधान में सहयोग के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें मोबाइल फोन के जरिये सीधा प्रसारण फाइव जी का कन्वर्जेन्स और आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस विकास केन्द्र बनाना भी शामिल हैं इस अवसर पर शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि अनुसंधान और विकास तथा नवाचार के क्षेत्र में आई आई टी कानपुर के साथ प्रसार भारती का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है समझौता ज्ञापन आज से प्रभावी हो जायेगा और इसकी अवधि पांच वर्ष को लिए होगी रोजगार सुजन केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले पांच वर्षो में सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में बीस लाख से अधिक रोजगारों का सुजन किया है यह जानकारी केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में दी

उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघ् और मझोले उद्यमों के क्षेत्र में कम प्रंजी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर जुटाए गए प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम एक स्वरोजगार पैदा करने वाला कार्यक्रम है जो ऋण से जुड़ी सब्सिडी उपलब्ध कराता है विधानसभा राज्य विधानसभा में आज बजट पर चर्चा प्रारम्भ हुई यह चर्चा कल भी जारी रहेगी इसके साथ ही उद्योग विभाग खनिज विभाग उच्च शिक्षा और किसान कल्याण विभाग से संबंधित रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई प्रश्नोत्तर काल के दौरान लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संदीप श्रीपाद जायसवाल द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में चर्चा के दौरान सड़क निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ी की जांच कराये जाने की घोषणा की

जिला न्यायालय में आज न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने यह फैसला सुनाया

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्विट में फांसी की सजा के फैसले को स्वागत योग्य बताया है जनसंख्या दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न शहरों में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया और जागरूकता रैलियां भी निकाली गई भिंड जिला मुख्यालय पर आज स्कूली बच्चों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई राजगढ़ जिले में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए विकासखण्डों में जागरुकता शिविर का आयोजन प्रारम्भ हुआ वहीं आगरमालवा जिले में आगामी एक माह के लिये जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरूआत जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका टाऊन हॉल में एक कार्यक्रम से हुई बड़वानी जिले में भी जनसंख्या स्थिरता माह की शुरूआत हुई वहां आज रैली निकाली गई जिसमें नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया नीमच में जिला चिकित्सालय से निकाली गई जन जागरूकता रैली को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

इस रैली का समापन नगर के विभिन्न मार्गो से होते हुए जिला चिकित्सालय परिसर में हुआ देवास में जिला एवं विकास खण्ड मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को परिवार नियोजन संबंधी जानकारी दी गई सीबीआई छापा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मशहूर वकील इन्दिरा जयसिंह के निवास और उनके पति आनन्द ग्रोवर के एक गैर सरकारी संगठन लॉयर्स क्लेक्टिव के कार्यालयों सहित मुंबई और दिल्ली में छह ठिकानों पर छापे मारे सी बी आई ने बताया कि छापों के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए सी बी आई ने आनन्द ग्रोवर के खिलाफ विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम का कथित रूप से उल्लंघन करके विदेशी मदद प्राप्त करने का मामला दर्ज किया है

इस पैसे को प्राप्त करने में जो अनियमितताएं हुई हैं वे विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम का उल्लंघन करती हैं

जिला कलेक्टर ने बताया कि त्री स्तरीय पंचायतों के परिसिमन संबंधी संशोधित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया